पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में डेंगू का प्रकोप और बढ़ा

मंदिरों शक्तिपीठों और पंडालों में श्रद्धालुओं का लगा तांता

बिहार में बाढ़ का आकलन करने आई केन्द्रीय टीम ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही पटना में बारिश के चलते हुये जल जमाव से हुये नुकसान की भी भरपाई की जायेगी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी रमेश क्मार के नेतृत्व में आयी छह सदस्यीय टीम ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बाढ़ का पानी कम होने पर जिलों से क्षति की रिपोर्ट प्राप्त करे और नुकसान के विवरण के साथ केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करे गंगा पूनपून महानंदा और बागमती नदी के जलस्तर में कमी आने से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित पन्द्रह जिलों की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है हालांकि नदी का पानी उतरने के बाद अब इन क्षेत्रों में महामारी का खतरा उत्पन्न होने लगा है पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता रामसेवक शर्मा ने बताया कि सकरईचा में जो खतरा बना हुआ था वह पूरी तरह समाप्त हो गया है उन्होंने कहा कि प्रनपुन घाट पर नदी का जलस्तर प्रति घंटे छह से सात सेंटीमीटर तक घट रहा है आज नदी के जलस्तर में और भी कमी आने की सम्भावना है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य में बाढ़ से पन्द्रह जिलों के पंचानवे प्रखंडों की चौदह सौ से अधिक गांवों की लगभग इक्कीस लाख की आबादी प्रभावित हुई है पूरे प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक संतानवे लोगों की मौत हो चुकी है पटना के जल जमाव वाले क्षेत्रों में पानी कम होने के बावजूद लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है कई इलाकों में अभी भी पानी लगा हुआ है राजेन्द्र नगर और कंकड़बाग के कुछ हिस्सों के साथ ही गर्दनीबाग सरिस्ताबाद खेमनीचक और दानापुर के कुछ इलाकों में अब भी जल जमाव है पानी के सड़ने के कारण इन इलाकों में डेंगू चिकनगुनिया और डायरिया समेत कई अन्य गम्भीर बीमारियों से लोग पीड़ित होने लगे हैं जल जमाव से परेशान लोगों ने कल लगातार तीसरे दिन रूपसपुर दीघा नहर रोड को जाम किया उनका कहना है कि वार्ड नम्बर सैंतीस के लोग दस दिनों से जल जमाव झेल रहे हैं वहीं बहादुरपुर में भी लोगों ने जल जमाव को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में डेंगू के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है पटना के साथ साथ सीवान गया सारण पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण भागलपुर कटिहार नवादा और नालंदा जिलों में सबसे अधिक प्रकोप देखा जा रहा है पटना के विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के एक हजार से अधिक मरीज इलाज करा रहे हैं अन्य जिलों में भी सैंकड़ों मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है पटना में इसके लिए चौबीस टीमें काम कर रही हैं उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है साथ ही ब्लड बैंकों को प्लेटलेट्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं इधर स्वास्थ्य विभाग ने पटना में डेंग् के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुये पीएमसीएच और एनएमसीएच परिसर में दस से बारह अक्तूबर तक तीन दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर लगाने का निर्णय लिया है इस शिविर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की मुफ्त जांच की जायेगी विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी पटना में शिविर लगाकर डेंगू की जांच की जा रही है राज्य सरकार इस महीने लगभग दो लाख परिवारों को नया घर देने की तैयारी कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाये जा रहे इन आवासों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है सूत्रों के अनुसार सरकार दीपावली के दिन लाभार्थियों को ये आवास सौंपेगी और उनका सामूहिक गृह प्रवेश करायेगी केन्द्र सरकार राज्य में स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पांच सौ छियालीस करोड़ रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करायेगी यह राशि समग्र शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली राशि के अलावा होगी शारदीय नवरात्र के आज अंतिम दिन महानवमी पर माँ दूर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की प्रजा अर्चना हो रही है हिन्द्र धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ का यह स्वरूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्वालु पूजा अर्चना कर रहे हैं खोइंछा भरने को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर पहुंच रही हैं कई जगहों पर सामूहिक कन्या पूजन का भी आयोजन किया जा रहा है मंदिरों में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है शहरी इलाकों में पंडालों का आकर्षण देखते ही बन रहा है पंडालों में स्वच्छता और सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के संदेश भी दिये गये हैं छठ और दिवाली के मौके पर नई दिल्ली से दरभंगा मुजफ्फरपुर सहरसा पटना पूर्णिया बरौनी भागलपुर और कटिहार के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन चौबीस अक्तूबर से इकतीस अक्तूबर के बीच हर गुरुवार को किया जाएगा नई दिल्ली से पटना के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन पच्चीस अक्तूबर से दो नवम्बर के बीच विभिन्न तिथियों में किया जाएगा वहीं नई दिल्ली से दरभंगा के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन सात अक्टूबर से चार नवंबर के बीच होगा कटिहार से हावड़ा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन दस अक्टूबर से आठ नवंबर के बीच किया जाएगा वहीं आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी के बीच पांच नवम्बर तक विशेष ट्रेन चलायी जाएगी सारण जिले के फतेहपुर रसैया गांव स्थित रामजानकी मठ से चोरों ने लगभग आठ करोड़ रूपये मूल्य की अष्टधातु की तीन मूर्तियां चुरा ली पुलिस ने बताया कि मठ के अंदर एक लकड़ी के बक्से में मूर्तियां रखी हुई थी चोरी गयी मूर्तियों का वजन लगभग एक सौ पांच किलोग्राम बताया जाता है वर्ष दो हजार बारह में भी इस मठ से इन्हीं मूर्तियों की चोरी हुई थी जिसे बाद में उत्तर प्रदेश के बलिया से बरामद किया गया था पटना जिले में मसौढ़ी प्रखंड में नदी में नहाने के दौरान तीन बच्चों समेत चार लोगों की डूबने से मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि दौलतपुर गांव के पास मोरहर नदी में नहाने के क्रम गहरे पानी में चले जाने के कारण तीन बच्चों की मौत हो गयी वहीं गुरपति चौक गांव में भी एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गयी दूसरी तरफ मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में गंगा नदी में स्नान के दौरान एक युवती समेत तीन लोग डूब गये इसमें दो के शव बरामद कर लिये गये हैं जबकि एक की तलाश की जा रही है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से हल्का कुहासा शुरू होने की सम्भावना है साथ ही मौसम अब पूरी तरह से सामान्य रहेगा अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है पटना पुलिस ने दुर्गा पूजा के दौरान चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है इस गिरोह में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के चौदह अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है एसटीएफ और पटना पुलिस की विशेष टीम ने राजधानी के जलगोविंदपुर गांव में छापेमारी कर कई वर्षो से फरार चल रहे पचास हजार के ईनामी अपराधी अरविंद उर्फ भगत मुखिया को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है केन्द्रीय टीम ने राज्य सरकार को दिया भरोसा शहरों में हुई क्षति पर भी केन्द्रीय सहायता दैनिक जागरण की सुर्खी है सीएम ने किया बाढ़ प्रभावित चार जिलों का हवाई सर्वे प्रभात खबर ने लिखा है पटना गया व बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड पर ट्रेनें शुरू दैनिक भास्कर ने पटना में जल जमाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है दस दिन बाद थोड़ी राहत राजधानी के अस्सी फीसदी इलाकों से जल कर्फ्यू हटा राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी अखबारों ने नवरात्र से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है

पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में डेंगू का प्रकोप और बढ़ा

मंदिरों शक्तिपीठों और पंडालों में श्रद्धालुओं का लगा तांता